चंद्रयान दो प्रक्षेपण भारत के दूसरे चंद्र अभियान चंद्रयान दो को आज सफलतापूर्वक प्रक्षेपित कर पृथ्यी के चारों ओर प्रारंभिक कक्षा में भेजा दिया गया है सतीश धवन अंतरिक्ष केन्द्र से चन्द्रयान दो को ले जाने वाले शक्तिशाली बूस्टर जीएसएलवी मार्क थ्री से दिन में दो बजकर तिरालीस मिनट पर छोड़ा गया आकाश में जाने के मात्र सोलह मिनट के भीतर ही चंद्रयान ने निर्दिष्ट चंद्र कक्षा में प्रवेश किया पृथ्वी की कक्षा से चंद्रयान दो को इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी ध्रव के समीप ले जाया जाएगा ये क्षेत्र अभी तक अनजाना है यहां जांच की पहली सॉफ्ट लैंडिंग होगी आशा है कि चंद्रयान दो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा वहां पहुंचने को बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा पहले चंद्रयान दो को पंद्रह जुलाई को छोड़ा जाना था लेकिन रॉकेट जीएसएलवी मार्क थ्री के क्रायोजेनिक इंजन के ऊपरी चरण में रिसाव के बाद इसकी तिथि पुनर्निर्धारित की गई इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने कहा कि वैज्ञानिक यह उपलब्धि हासिल करने के लिए पंद्रह महत्वपूर्ण परीक्षणों के दौर से गुजरेंगे चंद्रयान दो से चंद्रमा पर भारत के दूसरे अभियान के उद्देश्यों में चंद्रमा की मिट्टी में उपस्थित खनिज और उसकी रासायनिक संरचना का अध्ययन करना शामिल है इसके अलावा चंद्रमा के निकट दक्षिणी ध्रुव में पानी या बर्फ की खोज करना इसके वातावरण की जांच करना साथ ही चंद्रमा के भीतर की भूकंपीय गतिविधियों का अध्ययन करना और उच्च तकनीक तथा क्षमता वाले कैमरों का उपयोग करके चंद्रमा की सभी प्रकार से जांच करना शामिल है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चंद्रयान दो के सफल प्रक्षेपण पर इसरो के वैज्ञानिकों को पूरे देश की ओर से बधाई दी है

श्री बघेल ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के इस अभियान से जुड़े सभी वैज्ञानिकों तकनीशियनों और स्टाफ को भी बधाई और शुभकामनाएं दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा है वैज्ञानिकों की इस गौरवशाली उपलब्धि पर सभी देशवासियों में बेहद गर्व खुशी और उल्लास है एनडीए सरकार पचास दिन केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों सैनिकों मजदूरों और व्यापारियों सहित समाज के सभी वर्ग के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ रही है एनडीए सरकार के दूसरे कार्यकाल के पचास दिन पूरे होने के अवसर पर श्री जावड़ेकर ने नई दिल्ली में कहा कि लोग अब आश्वस्त हैं कि सरकार के पहले कार्यकाल के मुकाबले दूसरे कार्यकाल में सुधार कल्याण और न्याय की गति में तेजी आई है स्पीड स्केल और स्किल ये तीनों का दर्शन इस पचास दिन में दिखा है किसान जवान नौजवान मजदूर मध्यम वर्ग व्यापारी शोध भारत के पड़ोसी देशों से संबंध निवेश संशाधनों का विकास भ्रष्टाचार के खिलाफ जोर से लड़ाई और समाजिक न्याय ये मुझे लगता है कि पचास दिन की सबसे मुख्य बाते हैं सूचना प्रसारण मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने सड़क रेल और खेलकूद के क्षेत्र में खरबों रूपये के निवेश को मंजूरी दी है सौ लाख करोड़ का निवेश आने वाले पांच साल में सड़क बिजली पानी रेलवे पोर्ट एयरपोर्ट इन सभी में जो होगा इससे बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा और ग्रामीण इलाके में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू होगा जो और महत्वपूर्ण स्थानों तक अच्छी सड़क ले जाएगा मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत इस महीने की अट्ठाईस तारीख को सुबह ग्यारह बजे आकाशवाणी से देश विदेश के श्रोताओं को संबोधित करेंगे दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बनने के बाद श्री मोदी के कार्यक्रम का यह दूसरा संस्करण है प्रधानमंत्री हर महीने के अंतिम रविवार को इस कार्यक्रम के जरिये विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाते हैं पिछले कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा था कि समग्र स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता से योग का महत्व उजागर हुआ है

मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की टीम तलाशी अभियान के लिए निकली थी इस दौरान जगरगुंडा मार्ग पर कोंडसावली नाला पोस्ट कैम्प के पास माओवादियों ने पुतला बम लगा रखा था

जांच में पाया गया कि पुतले में पांच और तीन किलो के दो बम छुपाकर रखे गए थे जिसे मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया गया भेंडिया समीक्षा महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने क्पोषित बच्चों को सुपोषित किए जाने के लिए पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कराए जाने के निर्देश दिए हैं श्रीमती भेंडिया ने कल बालोद जिले के जनपद पंचायत मुख्यालय डौंडी में समीक्षा बैठक के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली बैठक में उन्होंने अधिकारियों को आंगनबाड़ी केन्द्र में जगह उपलब्ध होने पर सब्जी और फलदार पौधे लगाने के निर्देश भी दिए इस मौके पर श्रीमती भेंडिया ने नव निर्मित सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर बच्चों के पोषण स्तर आंगनबाड़ी भवन पेयजल व्यवस्था और विद्युतीकरण की स्थिति की समीक्षा की महिला और बाल विकास मंत्री ने बच्चों में कुपोषण में कमी लाने के लिए किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी ली पुलिसकर्मी निलंबित अंबिकापुर में पुलिस अभिरक्षा से फरार नामजद आरोपी की आत्महत्या के मामले में आईजी के सी अग्रवाल ने टीआई सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है मिली जानकारी के मुताबिक चोरी के मामले में दो अभियुक्तों को पुलिस अभिरक्षा में साइबर सेल में रखा गया था इनमें से एक आरोपी पुलिस को चकमा देकर वहां से फरार हो गया और साइबर सेल के पास ही तीन सौ मीटर की दूरी पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों से हुई इस चूक की विभागीय जांच की जाएगी

इस मौके पर कबीरधाम जिले के भोरमदेव सहित प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं राजधानी रायपुर स्थित महादेवघाट में सुबह से ही पूजा और जलाभिषेक आरंभ हो गया इस मंदिर में जलाभिषेक करने से एक दिन पहले ही कांवड़िये बड़ी संख्या में रायपुर पहुंच गये थे इसके अलावा ब्रढ़ापारा के ब्ढेश्वर महादेव राजिम स्थित क्लेश्वर महादेव सहित प्रदेशभर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है प्रशासन द्वारा मंदिरों में संभावित भीड़ के मद्देनजर ऐहतियात के तौर पर सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध किए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सावन के पहले सोमवार पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने कहा है कि श्रावण मास भगवान शिव की आराधना और साधना को समर्पित है

भ्रमण के दौरान आयोग के सदस्य राज्य की भौगोलिक सामाजिक आर्थिक औद्योगिक राजनैतिक आदि परिदृश्यों की जानकारी लेंगे